चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में नियुक्त होगा नोडल अधिकारी शहीदी दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित शहीद भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को श्रद्वाजंलि अर्पित

हालांकि नई दिल्ली में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश की चारों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई और जानकारी के अनुसार पार्टी ने हिमाचल के लिए नाम तय कर दिए हैं सूत्रों के अनुसार कांगड़ा संसदीय सीट से वरिष्ठ भाजपा नेता शांताकुमार द्वारा चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर का नाम कांगड़ा सीट से तय बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार इधर शिमला संसदीय सीट से भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप की जगह पार्टी ने पच्छाद के विधायक सुरेश कश्यप के नाम पर मुहर लगाई है केंद्रीय चुनाव समिति ने हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और मंडी से रामस्वरूप शर्मा को ही टिकट देने का फैसला लिया है हालांकि पार्टी की ओर से फिलहाल अपने प्रत्याशियों की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है इस बीच कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए लगातार मंथन कर रही है

किशन कपूर इस बीच खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी का जो भी आदेश होगा वह उनके लिए सर्वोपरि होगा किशन कपूर ने कहा कि वे हमेशा से पार्टी के सिपाही रहे है और पार्टी द्वारा सोंपी जाने वाली जिम्मेदारी को वे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और कूटनीति के कारण आज विश्व भर में भारत की साख बढ़ी है

सोलन में विधायक धनीराम शांडिल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्हें एकता का पाठ पढ़ाया एक सवाल पर उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी को लेकर पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगी व सभी को मान्य होगा

कल्पा के उपमंडल अधिकारी सुरेंद्र ठाक्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके उन्होंने कहा कि मास्टर श्याम सरन नेगी देश के पहले मतदाता हैं और अधिक से अधिक संख्या में युवा उनसे प्रेरणा लेकर मतदान करेंगे सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मतदान के दिन ज़िला प्रशासन मास्टर श्याम सरन नेगी का मतदान केंद्र पर रैड कारपेट बिछाकर स्वागत करेगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा

उन्होंने कहा है कि ये समिति जमानत पर रिहा हुए व्यक्तियों के शस्त्र लाईसेंस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लाईसेंस और कानून व्यवस्था प्रभावित करने की स्थिति पैदा करने में लिप्त रहे लोगों की स्क्रीनिंग करेगी संदीप कुमार ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर हैल्पलाईन एप्प जारी की गई है चुनाव अधिकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा डाले जाने वाली प्रचार सामग्री पर आदर्श आचार संहिता व आयोग के अन्य निर्देश लागू होंगे उन्होंने कहा कि शिकायत निर्वारण अधिकारी सोशल मीडिया संबंधी शिकायतों की छानबीन करेगा

इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित की गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान शहीदों को श्रद्दांजलि अर्पित की है उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इनका बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा प्रदेश में भी शहीदी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों के बलिदान को याद किया गया

निलम्बन राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों से धिरे ऊना का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे नालागढ़ के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओम प्रकाश को निलबिंत कर दिया है राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार निलम्बन के दौरान ओम प्रकाश शिमला स्थित परिवहन निदेशालय में रहेंगे और परिवहन निदेशक पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे इसके अलावा काला अम्ब परिवहन बैरियर में एआरटीओ के पद पर कार्यरत दिनू राम को भी निलबिंत कर दिया गया है

कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी हरीश जुल्का ने बताया कि इस दौरान मासिक लेखों भविष्य निधी के अंतिम भुगतान मामलों पैंशन और विधिक मामलों की समीक्षा के दौरान पाई जाने वाली विसंगतियों पर चर्चा की जाएगी जुल्का ने बताया कि बैठक में प्रदेश के महालेखाकार भी अधिकारियों को संबोधित करेंगे मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले दो दिन से मौसम साफ बना हुआ है जिससे अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सैल्सियस की बढ़ौतरी दर्ज की गई है लाहौल स्पिति ज़िले में भारी बर्फबारी से प्रभावित हुआ जनजीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौटा है दुर्गम क्षेत्र मियाढ़ व तिंदी में बर्फबारी के डेढ़ महीने बाद भी बिजली बहाल नहीं हो पाई है इन क्षेत्रों में बिजली की तारे और खम्भे हिमस्खलन से टूट चुके हैं अधिशासी अभियंता बिक्रम राणा ने बताया कि मौसम अनुकूल होने पर इन इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी

एक निजी हिन्दी समाचार पत्र समूह द्वारा शुरू किए गए महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत सम्मानित किया गया राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में पहला स्थान हासिल करना बेटियों के लिए गर्व की बात है मकान गिरा चंबा ज़िले में चुराह क्षेत्र की आयल पंचायत के खिरना गांव में बीती रात एक मकान गिरने से तीन लोगों की दबकर मौत हो गई मृतकों की पहचान हाशमदीन उनकी पत्नी तसलीमा और दो वर्षीय बेटी आसिफा के रूप में की गई है बताया जा रहा है कि ये कच्चा मकान जर्जर हालत में था और बीती रात अचानक गिर गया सुरंग सुरंग निर्माण को लेकर पांगी संघर्ष समिति द्वारा किए जा रहे आंदोलन को पांगी छात्र संगठनों ने समर्थन दिया है

समिति के संयोजक हरीश शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है जगत सिंह नेगी किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्य न रोकने का सरकार से आग्रह किया है रिकांगपिओ में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारी बर्फबारी के कारण जनजातीय इलाकों में विकास कार्य करने के लिए बहुत कम समय होता है और ऐसे में चुनाव आचार संहिता की आड़ में विकास कार्य नहीं रोके जाने चाहिए जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त गोपाल चंद से भेंट कर ज़िले में विकास कार्य जारी रखने की मांग की

पहली उड़ान भुंतर गोंदला भुंतर दूसरी भुंतर उदयपुर भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर स्टींगरी भुंतर के बीच होगी ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी